राज्यभर के जूनियर चिकित्सकों ने अपना आंदोलन समाप्त करते हुए हड़ताल वापस लेने का फैसला किया है झारखंड सरकार के स्वास्थ्य सचिव के साथ जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन और वित्तीय सलाहकार के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद हड़ताल वापस लेने पर सहमति बनी बजट सत्र में वित्त विभाग की ओर लंबित कार्य संपादित कर मार्च और अप्रैल महीने के अंत तक एरियर भुगतान की प्रकिया चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि झारखंड सरकार जनहित के हरएक मुद्दे पर संवेदनशील है और उसी का नतीजा है कि जूनियर चिकित्सकों ने हड़ताल वापस ले लिया है उधर राज्य में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज भाजपा विधायकों ने हंगामा किया भाजपा के विधायकों ने हड़ताल की वजह से आम लोगों को हो रही परेशानियों के विरोध में विधानसभा के मुख्य द्वार पर भी प्रदर्शन किया भाजपा के मुख्य सचेतक विरंची नारायाण ने कहा है कि राज्य सरकार आम लोगों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर नहीं है और पिछले दो दिनों से चल रही हडताल पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता गंभीर नहीं हैं वहीं इसका जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि राज्य सरकार जूनियर डॉक्टरों की मांगों को लेकर गंभीर है और जल्द ही वार्ता कर इसका समाधान कर लिया जायेगा पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार की संवेदनहीनता के कारण मरीजों और उनके परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ा

कार्यक्रम में राज्य की उद्योग नीति पर व्यवसायिक घरानों और उनसे जुड़े संगठनों से भी चर्चा होगी और सभी के सहयोग से नई नीति का प्रारूप तय किया जाएगा बैठक में उद्योगपतियों से निवेश के लिए आग्रह किया जाएगा औद्योगिक घरानों की मांगों के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश भी राज्य सरकार की ओर से की जायेगी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी इसके लिए स्वीकृति मिल चुकी है उद्योग विभाग की ओर से प्रदेश के अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों से विभिन्न संगठनों को भी आमंत्रित किया जाएगा तमाम चौंबर ऑफ कॉमर्स रांची और आदित्यपुर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और ऐसे अन्य संगठनों का प्रतिनिधित्व इस बैठक में शामिल होगा इसके अलावा बड़े औद्योगिक घरानों को भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रण भेजा जाएगा हेमंत सरकार राज्य में रोजगार के नये अवसरों को लेकर उद्योगपतियों के साथ इस बैठक को बेहद ही अहम मान रही है झारखंड में पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोरोना के बारसठ नए मरीज मिले हैं

पूर्वी सिंहभूम से बारह धनबाद से छह और बोकारो से चार संक्रमित मिले हैं हजारीबाग दुमका रामगढ़ और सिमडेगा से दो दो तथा सरायकेला से एक संक्रमित मिला है राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या अभी चार सौ चौरानबे है वहीं रांची में दो सौ तिरानबे संक्रमित मरीज हैं वहीं जमशेदपुर में संक्रमितों की संख्या अड़सठ है राज्य के अन्य बीस जिलों में सक्रिय मरीजों की संख्या बीस से कम है गढ़वा गिरिडीह गोड़डा पाकड़ और पलामू में अभी एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है राज्य में अबतक एक लाख बीस हजार तीन सौ चौहतर कोरोना संक्रमित मिले चुके हैं इनमें से एक लाख अठारह हजार सात सौ सतासी की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है कोरोना की वजह से अबतक एक हजार तिरानबे की मौत हो चुकी है

धनबाद के आमाघाटा में आज सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने के दौरान कब्जाधारियों ने अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर पथराव भी कर दिया

उपायुक्त ने अंचल अधिकारी को बाकी बचे हुए सभी मामलों की जांच के का निर्देश दिया है उपायुक्त ने बताया कि अवैध तरीके से सरकारी जमीन की जमाबंदी की गई है इसमें अंचल के अधिकारी और कर्मचारियों को बहत बड़े गठजोड़ की मिलीमगत से सरकारी जमीन की जमाबंदी की गई है सभी पर कार्रवाई होगी

जल्द ही अन्य क्षेत्रों में भी सरकारी जमीन से अवैध कब्जाधारियों को हटाया जाएगा

केन्द्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा है कि केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए आयुष्मान केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल योजना बहत जल्द देश भर में शुरू की जाएगी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड सरकार प्राथमिकता के साथ खेल और पर्यटन को बढ़ावा देना चाहती है

इस मौके पर हॉकी इंडिया के अध्यक्ष श्री ज्ञानेन्द्रो निंगोमबाम ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया खिलाडियों के साथ बातचीत में श्री सोरेन ने कहा कि सिमडेगा में राष्ट्रीय स्तर की चैम्पियनशिप की मेजबानी होना राज्य और इसके लोगों के लिए गर्व का क्षण है यह चैम्पियनशिप नवर्निमित एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में पहली बार हो रही है आज हिस्सा ले रही टीमों के बीच कुल सात मैच खेले जायेंगे

चैम्पियनशिप के उदघाटन मैच में आज मेजबान राज्य झारखंड का मुकाबला गुजरात हॉकी टीम से होगा गढ़वा जिले में पर्व त्योहारों से पहले सभी खाद्य प्रतिष्ठानों से नमूनों की जाँच की जा रही है जांच के लिए राज्य सरकार ने अधिकारियों को विशेष निर्देश दिये हैं

प्राप्त किए गए लाभुकों की सूची पर जिला स्तरीय समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया है